श्री मोदी ने कहा कि कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है भारत में विशेष रूप से तीन टीकों के परीक्षण का काम प्रगति पर है इनमें से दो टीकों का परीक्षण द्रसरे तथा एक का परीक्षण तीसरे चरण में है भारतीय वैज्ञानिक और अन्संधानकर्ता अफगानिस्तान भूटान बांग्लादेश मालदीव मॉरिशस नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में जारी अन्संधान में सहयोग कर रहे हैं बांग्लादेश म्यांमा कतर और भूटान ने भी अपने यहां नैदानिक परीक्षण किए जाने का अन्रोध किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रयास केवल अपने पड़ोसी देशों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि हमारा प्रयास प्रे विश्व के लिए होना चाहिए वैक्सीन और औषधि का निर्माण तथा उनकी आपूर्ति पूरे विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से की जानी चाहिए

प्रधानमंत्री ने देश की व्यापक भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हए प्ररे देश में टीका उपलब्ध कराने के उपाय करने का भी निर्देश दिया समीक्षा बैठक में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नीति आयोग सदस्य प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार वरिष्ठ वैज्ञानिक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे

जिसमें से तीन हजार अड़सठ सक्रिय मामले है और दस हजार इकहत्तर रोगी स्वस्थ हो चुके है राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार कल एक सौ बयासी रोगी स्वस्थ हए राज्य में स्वस्थ होने के दर छिहत्तर दशमलव चार तीन प्रतिशत है श्क्रवार को आए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से बहत्तर चांगलांग से पच्चीस वेस्ट सियांग से इक्कीस ईस्ट सियांग से उन्तीस तिरप से दस लोअर दिबांग वैली से आठ अपर सियांग लोअर सुबनसिरी और वेस्ट कामेंग जिले से छह छह मामले शामिल है इसके अलावा नामसाई से पांच पाक्के केसांग से चार पाप्मपारे और लेपाराडा से तीन तीन कामले ईस्ट कामेंग लोंगडिंग और सियांग जिले से दो दो अपर सियांग और दिवांग वैली से एक एक मामला सामने आया है

इस कार्यशाला के दौरान ए पी एस एल एस ए की सदस्य सचिव जावेप्लू चाई राज्य के कानून और न्यायिक विभाग के उपनिदेशक दानी बेलो और गौहाटी उच्च न्यायालय की ईटानगर स्थायी पीठ के अभिवक्ता स्निल माव सहित राज्य के कई विधि विशेषज्ञों ने गांव बूढ़ा और बूढ़ी को उनके न्यायिक क्षेत्राधिकार के बारे में अवगत कराया मिस जावेप्लू चाई ने कहा कि जघन्य अपराध सहित कई अन्य अपराधिक मामलों की स्नवाई का अधिकार सिर्फ न्यायालय को है और जानकारी के अभाव में बहत से गांव बूढ़ा ऐसे मामलो की स्नवाई करते है जो न्यायोचित नही है

उच्च न्यायालय कार्यालय दवारा जारी विज्ञप्ति के अन्सार शनिवार रविवार और राजपत्रित अवकाश को छोड़कर रजिस्ट्री कार्यालय दस बजे से तीन बजे तक ख्ला रहेगा जबकि अवकाश पीठ दो नवंबर को दस बजे से पांच बजे तक ख्ला रहेगा

राज्य पश्पालन विभाग के संय्क्त निदेशक टी ताकू ने बताया कि पश्ओ का रजिस्ट्रेशन करने पहचान टैग लगाने और टीकाकरण का कार्य आगामी चौदह दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा उन्होंने कहा कि राज्य में पश्पालन को बढ़ावा देने और पश्ओ के स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाएं जा रहै है श्री ताकू ने किसानों से अपने पश्ओ का रजिस्ट्रेशन कराने के अलावा समय समय पर चलाए जाने वाले टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने की अपील की

स्व सहायता समूह के सदस्य नगरीय क्षेत्र के सभी इलाको में जाकर लोगो को बायो डिग्रेडेबल और नॉन बायो डिग्रेडेबेल कचरे को अलग करने और रिसाइकल करने के बारे मे जानकारी देते है स्व सहायता समूहों और जिला शहरी विकास प्राधिकरण के एक जूट प्रयास का सकारात्मक असर लोहित जिला म्ख्यालय में देखा जा रहा है